फरीदाबाद के निजी स्कूलों को आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्ग के कोटे के तहत खाली सीटों का एक हफ्ते में ब्यौरा पेश करने का निर्देश दिया गया है बजरंग पूनिया एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक पा कर फिर से चैम्पियन बना उच्चतम न्यायायल ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को यौन शोषण के आरोपो मे फंसायें जाने के षडयंत्र के बारे में एक व्यक्ति के दावे पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ख्फिया ब्यूरो और दिल्ली प्लिस प्रमुखों को न्यायालय में पेश होकर न्यायधीशों के चैम्बर में उपस्थित होने को कहा है न्यायाधीशों की विशेष खंठपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है अधिवक्ता उत्सव सिंह बैंस ने उच्चतम न्यायालय मे दी रिपोर्ट में दावा किया कि यौन शोषण मामले में प्रधान न्यायाधीश की फंसाने का षडयंत्र रचा गया है च्नाव आयोग दवारा हरियाणा में लोकसभा च्नाव के लिये नामांकन पत्रों की जांच का काम कर लिया गया है

नामांकन वापसी के बाद उम्मीदवारों का च्नाव चिन्ह एलाट कर दिये जायेंगे

कैथल जिले के गांव बरका के निवासी कांस्टेबल प्लिस सूनील संध् कैथल प्लिस लाइन में डयूटी के साथ साथ किसानों को पराली न जलाने के लिये जागरूकक करने लोगों को पौधारोपण के लिये प्रेरित करने जलसेवा सड़क द्र्घटनाओं में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने व गरीब परिवारों को राशन पहंचाने जैसे समाज सेवा के काम करते रहे है इसके अलावा सुनील गरीब बच्चों के किताबे वितरित करने और परीक्षा के लिये जाने वाले बच्चों के रहने खाने की व्यवस्था करने का काम भी कर रहे है इन कार्यो की बदौलत उनहें हिमाचल के राज्यपाल आयार्च देवव्रत और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमनोहर लाल भी सम्मानित कर चुके है आज स्बह अम्बाला के गांव रोला के खेतों में वाय्सेना के एक जहाज से क्छ भारी भरकम चीज के गिरने की खबर है हमारे संवाददाता ने बताया कि ग्रामीणों ने त्रंत प्लिस को सूचना दी जिसके बाद वायुसेना के और प्लिस अधिकारी मौके पर पहंचे उप प्लिस अधीक्षक रामक्मार ने बताया कि प्लिस को मिली जानकारी के मुताबिक किसी जहाज में तकनीकी खराबी के कारण के कारण उनमें लगे फयूल टैंक को खेत में गिराया गया ताकि कोई जान माल का नुकसान न हो फयूल टैंक को वायुसेना के अधिकारी अपने साथ ले गये है

हमारे संवाददाता ने बताया कि मुकाबला काफी दिलचस्पी रहा

आईसीएफ चेन्नई ने उनसठवें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया आईसीएफ चेन्नई का फाईनल मुकाबला कल दक्षिण केन्द्रीय रेलवे टीम से होगा फरीदाबाद के निजी स्कूलों को आर्थिक तौर से कमजोर वर्ग के कोटे के तहत खाली सीटों के एक हफ्ते में ब्योरा पेश करने का निर्देश दिया गया है हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार ने कहा है कि अगार स्कूलों ने इन सीटों का ब्यौरा नहीं दिया तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जायेगी पंचकुला स्थिल हरियाणा शिक्षा निर्देशालय इन निजी स्कूलो को स्पष्ट कर च्का है कि कि इस कोटे के तहत गरीब वर्ग के बच्चों को दाखिला देना ही पड़ेगा क्यूंकि इसके लिये बच्चों से आवेदन मांगे गये थे और हज़ारों बच्चों ने दाखिले के लिये परीक्षा भी दी थी

दाखिले के बदेल में निर्जी स्कूल सरकार से सस्ती ज़मीनों के अलावा अन्य कई लाभ लेते है मौसम विभाग ने कल हरियाणा में धूलभरी आंधी और बारिश होने की संभावना जताई है

इसके लिये किसानों को सचेत किया गया है कि वो तेज़ हवार को लेकर पर्याप्त प्रबंध कर लें ताकि उनका अधिक न्कसान न हो मौसम विभाग ने कहा कि दिन के तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है लेकिन गर्मी में वृदवि दर्ज की जा रही है

उधर आज आज चंडीगढ़ और आप पास के क्षेत्रों में घने बादल छाये हये है चीन के शियान में एशियाई कृश्ती चैम्पियनशिप में कल भारत ने एक स्वर्ण एक रजत और एक कांस्य जीता

इस प्रतियोगिता मे यह बजरंग दवारा जीता गया दूसरा पदक है

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम च्नाव के लिए हरियाणा और पंजाब के लिए निय्क्त विशेष ऑबर्जवर सेवानिवृत आईएएस अधिकारी श्री राघव चंद्रा ने आज हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और नोडल अधिकारियों के साथ राज्य में लोकसभा आम च्नाव की तैयारियों का जायजा लिया